प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत अपने सामर्थ्य और संसाधनों के बलबूते आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ रहा है श्री मोदी आज वाणिज्य संगठन एसोचैम की स्थापना सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है बल्कि कितनी जल्दी प्राप्त करते हैं यह महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर आगे बढ़ रही है इस दिशा में भारत में जो बदलाव हो रहे हैं उसके प्रति द्वनिया का सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है अब यहां दुनिया के उद्योगपति निवेश के लिए आगे आ रहे हैं इसकी वजह उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा होना है

क्योंकि देश आजादी के एक सौ साल पुरे करेगा एसोचैम को यह सुनिश्चित करना होगा कि औद्योगिक क्षेत्र में जो बदलाव हो रहे हैं उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए मिशन मोड पर आगे बढ़ रहे हैं हमारा पूरो ध्यान उत्पादन बढ़ाने पर है उन्होंने कहा कि भारत अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दुनिया की उम्मीदों को पूरा करे इसके लिए इसमें एसोचैम की भूमिका अहम होगी प्रधानमंत्री ने इस मौके पर रतन टाटा को एसोचेम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी प्रदान किया उन्होंने कहा कि देश के विकास में टाटा समूह के योगदान को भूलाया नहीं जा सकता है

इस दौरान रांची में सबसे ज्यादा अंठान्बे पूर्वी सिंहभूम से छत्तीस और रामगढ़ से इकतीस संक्रमित मिले हैं वहीं रांची से ही सर्वाधिक अंठानबे लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं

इनमें एक लाख नौ हजार आठ सौ इक्यान्बे लोग स्वस्थ हो चुके हैं तथा एक हजार आठ संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई फिलहाल संक्रिय मामलों की कुल संख्या एक हजार सात सौ सात है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढकर संतान्बे दशमलव पांच आठ प्रतिशत हो चुकी है जो देश के औसत से ज्यादा है

झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी और निजी वाहनों में नेम प्लेट और पदनाम का बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है मुख्य न्यायधीश ड़ॉ रवि रंजन और न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य में उल्लंघन हो रहा है परिवहन सचिव ने अदालत को बताया कि छह सप्ताह में नियमावली बना ली जाएगी इसमें यह तय किया जाएगा कि वाहनों में पदनाम का बोर्ड लगाने के लिए कौन कौन अधिकृत होंगे अदालत ने नियमावली बनने के बाद उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया राज्य के सरकारी विद्यालयों में इक्कीस दिसंबर से दसवीं और बारहवीं कक्षा की पढ़ाई शुरू होगी

इसके लिए स्कली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के द्वारा इन विदालयों को बारह करोड रुपए उपलब्ध कराया गया है विद्यार्थियों को तीन माह तक मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा हालांकि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के संचालन को लेकर निर्णय नहीं होने से यहां की छात्राओं को फिलहाल मास्क और सैनिटाइजर नहीं उपलब्ध कराया जाएगा उनतीस दिसंबर को हेमन्त सरकार के एक साल पूरा होने पर रांची में राज्यस्तरीय और सभी जिला मुख्यालयों में विकास मेला का आयोजन किया जाएगा

इसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार वरीय अधिकारियों की समिति बनाई गई है कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बनी इस कमिटी में उद्योग सचिव ग्रामीण विकास सचिव और जल संसाधन सचिव को शामिल किया गया है समिति के सदस्यों ने विकास मेला और समारोह के आयोजन को लेकर सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से संवाद किया उन्हें निर्देश दिया गया कि विकास मेला में दो सौ से ज्यादा लोग एक साथ मौजूद नहीं रहें इसे सुनिश्चित करेंगे रांची में आयोजित होनेवाले राज्यस्तरीय विकास मेला में मुख्यमंत्री कई योजनाओं उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सरकारी भवनों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता और तय समय सीमा मे कार्य प्रा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने कल भवन निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि भवनों के निर्माण के लिए चिन्हित जमीन का अतिक्रमण नहीं हो इसे सुनिश्चित किया जाए श्री सोरेन ने बनाए जाने वाले सरकारी भवनों की अलग पहचान होनी चाहिए और इन भवनों में झारखंड सरकार की झलक दिखनी चाहिए उन्होंने अधिकारियों को विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए बनाए जा रहे भवनों के प्रगति की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया इस मौके पर विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि विमिन्न विभागों के लिए क्ल आठ सौ उनसठ भवनों का निर्माण कराया जा रहा है उन्होंने यह भी बताया कि रांची के रातू रोड और डोरंडा में अधिकारियों के लिए फ्लैट और मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाने की योजना बनाई गई है इसके अलावा गढ़वा और बोकारो में नए समाहरणालय भवन बनाने की भी योजना है राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी में राज्य सरकार के सभी मंत्रियों का आवास बनेगा जुडको में नौ परामर्शी कंपनियों द्वारा मंत्रियों के लिए बनाए जाने वाले आवास को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया यहां मंत्रियों का आवास लगभग पांच से छह हजार स्क्वायर फीट का होगा नगर विकास और आवास विमाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि स्मार्ट सिटी में बनने वाले आवासों का नक्शा भी स्मार्ट सिटी पास करेगा इन आवासों का निर्माण वास्तुशास्त्र और पर्यावरण के अनुकूल किया जाएगा रांची जिले के ग्रामीण इलाकों में बिजली बिल वसूली को लेकर झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम द्वारा इक्कीस से छब्बीस दिसंबर तक शिविर लगाया जाएगा यह शिविर चरणबद्ध तरीके से हर गांव में लगाया जाएगा निगम के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में मात्र पांच से सात प्रतिशत ही बिजली बिल की वसूली होती है बिजली बिल वसूली में तेजी लाने तथा ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए ही यह शिविर लगाया जा रहा है राजधानी रांची के रिम्स में आयुष्मान भारत योजना का जायजा केंद्रीय टीम ने लिया इस दौरान टीम के सदस्यों ने यहां आयुष्मान भारत के तहत इलाज करा रहे मरीजों से पूरी जानकारी प्राप्त की उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दिलाने की पहल की जाए टीम ने रिम्स के क्लेम को यथाशीघ्र निष्पादित करने का भी इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया केंद्रीय टीम ने रांची सदर अस्पताल में भी आयुष्मान भारत की मौजूदा व्यवस्था का निरीक्षण किया

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है मौसम विभाग द्वारा राज्य के ग्यारह जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र में डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट का संचालन किया जाएगा इससे प्रखंड स्तर तक के किसानों को अपने इलाके के मौसम की जानकारी मिल सकेगी जिसके आधार पर वे कृषि कार्य कर सकेंगे राजधानी रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मौसम आधारित एग्रो एडवाइजरी विषय पर आयोजित कार्यशाला में कुलपति डॉ ओंकारनाथ सिंह ने कहा कि यह किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा इस मौके पर बताया गया मौसम विभाग द्वारा देश में एक सौ तीस कृषि मौसम क्षेत्र इकाई का नेटवर्क बनाया गया है इसमें झारखंड का रांची दारीसाई और दुमका इकाई भी शामिल है हजारीबाग जिले में पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए कई विभाग के अधिकारियों की कंवरेंजन कम्युनिकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया

राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर केंद्रों और महाविद्यालयों में तंबाक् नियंत्रण क्लब का गठन किया जाएगा इस क्लब में एनएसएस के लगभग पंद्रह वोलेटियर्स को शामिल करने के साथ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा इसके बाद ये वोलेंटियर्स विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा गोद लिए गए गांवों और बस्तियों में जाकर लोगों को तंबाकु सेवन नहीं करने के लिए जागरूक करेंगे रांची विश्वविद्यालय में इस अभियान की शुरूआत बाइस दिसंबर को होगी सिखों के नौवे ग्रु तेग बहाद्र साहिब का शहीदी पर्व आज मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने न्याायपूर्ण और समावेशी समाज के उनके दृष्टिकोण का स्मरण किया श्री मोदी ने कहा कि गुरु तेग बहाद्र जी का जीवन साहस और सदाशयता का उदाहरण है इधर इस मौके पर राज्य के गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाया गया है संक्षिप्त खबरें मुख्यमंत्री राहत कोष से मुख्यमंत्री अब किसी जरूरतमंद को दस लाख रुपए तक अनुदान दे सकेंगे पहले अनुदान की सीमा एक लोख रुपए थी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राहत कोष के शासी निकाय की बैठक में यह निर्णय लिया गया राज्य के क्रषि मंत्री बादल ने अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर किसानों की समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया है कृषि विशेषज्ञों के साथ उन्होंने टेलीकांफ्रेंसिंग के माध्यम से चार सौ किसानों से बात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली राज्य में एक सौ आयुष हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर खोले जाएंगे इन केंद्रों में आयुर्वेद योगा और प्राकृतिक चिकित्सा विधि से लोगों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में धनबाद नगर निगम के मुख्य अभियंता अजीत लुईस लकड़ा समेत चार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है